उन्होंने कहा कि इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें सं क्र मण का सबसे अधिक खतरा है आज दुनिया के सबसे बड़े इस कार्य क्र म का वीडियो कांफ्रे सिंग के जरिए शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना टीका पहले उन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है जिसे कोरोना सं क्र मण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा जो हमारे डाक्टर्स हैं नर्सिस हैं अस्पताल में सफाईकर्मी हैं मेडिकल पेरामैडिकल स्टाफ हैं वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण अभियान के पहले चरण में तीन करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में तीस करोड़ लोगों को टीके लगाए जाएंगे प्रधानमंत्री ने पिछले कई महीनों से कोरोना टीका बनाने में लगे वैज्ञानिकों की सराहना की उन्होंने कहा कि इतने कम समय में देश में दो टीके तैयार करना गर्व की बात है श्री मोदी ने कहा कि भारत में बने टीके विदेशी टीकों से सस्ते हैं लेकिन उनकी ग्णवत्ता में कोई कमी नहीं हैं

टीके की दसरी खुराक के दो सप्ताह बाद प्रतिरक्षक क्षमता विकसित हो जाएगी इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दिया उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे पहली खुराक लेने के बाद मास्क का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाये रखने में लापरवाही न बरतें टीका लगते ही आप असवाधानी बरतने लगें मास्क निकालकर रख दे दो गज की दूरी भूल जाएं ये सब मत करिएगा मैं प्रार्थना करता हूं मत करिए और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ कोरोना महामारी से निपटा है भारत इस महामारी से जिस तरह निपटा उसकी दुनियाभर में प्रशंसा हुई है श्री मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया के सामने यह उदाहरण भी पेश किया है कि कें द्र राज्य सरकारें स्थानीय निकाय और सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन किस तरह मिल जुलकर काम कर सकते हैं केन द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ क्टर हर्षवर्धन दिल्ली के एम्स में टीकाकरण अभियान के शुभारंभ कार्य क्र म में शामिल हुए इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश लोगों की भागीदारी के साथ कोविड के खिलाफ लड़ाई में सफल रहेगा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये वैक्सीन कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में संजीवनी का काम करेंगी

टीकाकरण के लिए प्रदेश में संतानवे केन्द्र बनाए गए हैं कोरोना का टीका लगाने के लिए सात हजार से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय रायपुर पहुंचकर कोरोना टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया और कोरोना का टीका लगवा चुके स्वास्थ्यकर्मियों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली इस अवसर पर श्री सिंहदेव ने कहा कि अब हमें पूरी सावधानी से सभी नियमों का पालन करते हुए कोरोना महामारी को समाप्त करना है उन्होंने कहा कि कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित है और इसे वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित करके बनाया गया है

प्रदेश के प्रसिद्ध चिकित्सक और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर एटी दाबके ने भी आज पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचकर स्वेच्छा से कोरोना का टीका लगवाया टीका लगाने के बाद अटहत्तर वर्षीय डॉक्टर दाबके ने कहा कि उन्हें टीका लगाने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई उन्होंने कहा कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है और पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लगाया जा रहा है आम जनता को इसे लगाने में कोई शंका या डर नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें इनएक्टिव वायरस का उपयोग किया गया है

वहीं एम्स रायपुर में आज सुबह सबसे पहले यहां के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर को कोरोना का टीका लगाया गया इसके बाद सफाईकर्मी मलखान जांगड़े को टीका लगाया गया रायपुर जिला चिकित्सालय पंडरी में पहले वार्ड ब्वॉय हेमंत दुबे और इसके बाद सफाईकर्मी चितरू थापर को कोरोना का टीका लगाया गया इसी तरह मिशन हॉस्पिटल तिल्दा में भी स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाने की शुरूआत की गई इस बीच रायपुर जिले की मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि कोरोना का टीका लगाने के लिए टीकाकरण केन्द्रों में सभी तैयारियां की गई हैं मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षित टीकाकरण किया जा रहा है प्रदेश के अन्य जिलों में भी बनाए गए टीकाकरण केन्द्रों में आज कोरोना का टीका लगाने की शुरूआत की गई जांजगीर चांपा जिला अस्पताल में डॉक्टर अनिल जगत को पहला टीका लगाया गया वहीं राजनांदगांव में पहला टीका पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना को लगाया गया धमतरी में सीएमएचओ डॉक्टर डी के तुर्रे ने पहला टीका लगवाया बस्तर जिले में जगदलपुर स्थित जिला चिकित्सालय महारानी अस्पताल में पहला टीका स्टाफ नर्स दीपिका ठाकुर दवे को लगाया गया इसके अलावा बेमेतरा सरगुजा महासमुंद बिलासपुर कोरिया मुंगेली बालोद दुर्ग कोरबा सहित बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में भी कोरोना का टीका लगाने की शुरूआत की गई है कोरोना टीकाकरण भाजपा बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आज से देशभर में शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार को बधाई दी है श्री साय ने कहा है कि कोरोना के विरूद्व जारी वैश्विक जंग में भारत ने अपनी इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के साथ आत्मनिर्भर भारत की अपनी अवधारणा को साकार करके विश्व मंच पर अपनी धाक कायम करने में सफलता हासिल की है

उन्होंने कहा कि कोरोना टीका पूरी तरह सुरक्षित है सोशल मीडिया में बहुत अफवाहें फैल रही हैं कुछ कहते हैं कि वैक्सीन के अॉरिजन में पोर्क यूज हुआ है कोई ये कहता है कि वैक्सीन से लोगों की इम्पोटेंसी हो जाती है या उससे न्यूरो डैमेज हो जाता है तो एक लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है चाहे वो द्रायल में लगा हो या वो रोल आउट में लगा हो और जो वैक्सीन यहां पर यूज हो रही हैं वो और देशों में भी यूज हो रही हैं तो कहीं भी ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं आया है कि किसी को सीरियस एण्ड सिग्नीफिकेंट साइड इफैक्ट हुए हैं इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन हैं जो हमारे साइंटिस्ट्स ने बनाई हैं जिस पर रिसर्च हुई हैं जिस पर से फ्टी द्रायल्स हुए हैं और वो जो बाहर भी यूज होनी हैं वो सारी सेफ हैं और उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं हैं

इसके मुताबिक गर्भवती और शिशुवती महिलाओं तथा अट्ठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी इसके अलावा कोविड नाइटीन वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद एनाफिलेक्टिक रिएक्शन या एलर्जी आदि की शिकायत होने पर दूसरी खुराक नहीं दी जाएगी ऐसे व्यक्ति जिनमें कोरोना वायरस के से िक्र य लक्षण पाए गए हैं या जो व्यक्ति कोरोना पॉजीटिव पाया गया है तथा जिन्हें कान्वलेसेंट प्लाज्मा दिया गया हो उन व्यक्तियों को चार से आठ ह फ्ते बाद टीका लगाया जाएगा वर्तमान में अस्वस्थ व्यक्ति और अस्पताल में भर्ती व्यक्तियों को स्वस्थ होने पर टीका लगाया जा सकता है ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में कभी रक्त स्त्राव या खून के जमने जैसी परेशानियां आई हैं उन्हें विशेष सावधानियों के साथ कोरोना का टीका लगाया जाएगा मतदाता सूची प्रकाशन प्रदेश में फोटोयुक्त मतदाता सूची और सेवा निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ुफोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि एक जनवरी दो हजार इक्कीस के संदर्भ में प्रदेश के सभी नब्बे विधानसभा क्षेत्रों में किया गया है छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि निर्वाचक नामावली आम नागरिकों के अवलोकन के लिए संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्र ीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्र ी करण अधिकारियों के कार्यालय में उपलब्ध है धान खरीदी प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है उपार्जन केन्द्रों में बारदानों की कमी को देखते हए राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए खाद्य पदार्थो की पैकेजिंग में इस्तेमाल किए गए जुट बारदानों का उपयोग करने की अनुमति दी है खाद्य विभाग के आदेश के मुताबिक सभी जिला कलेक्टरों को स्थानीय स्तर पर बारदाना प्रदायकर्ताओं से समितियों और किसानों को उपयुक्त दरों पर बारदाना आपूर्ति कराने को कहा गया है इसके पहले धान खरीदी के लिए नया जूट बारदाना प्लास्टिक बैग तथा मिलरों और किसानों से प्राप्त बारदानों के अलावा समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए पुराने जूट बारदानों के उपयोग के निर्देश दिए गए थे इस बीच महासमुंद जिले में राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने धान के अवैध भंडारण के सात अलग अलग मामलों में अटहत्तर क्विंटल धान जब्त किया है उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब तक लगभग छिहत्तर लाख मीट्रि क टन धान की खरीदी कर ली गई है इस दौरान अट्ठारह लाख उन्नीस हजार से अधिक किसानों ने धान बेचा है वहीं मिलरों द्वारा अब तक इक्कीस लाख तिरसठ हजार मीट्रि क टन धान का उठाव किया गया है दिव्यांगजन पद अधिसूचना दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने कें द्र सरकार के कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए तीन हजार पांच सौ छियासठ पदों की अधिसूचना जारी की है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि इनमें एक हजार छियालीस पद समूह क पांच सौ पंद्रह पद समूह ख एक हजार सात सौ चौबीस पद समूह ग और दो सौ इकयासी पद समूह घ से संबंधित हैं ये पद बौनों एसिड हमला पीड़ितों मस्क्यूलर डिस्ट्र ॉफी मंदबुद्धि बौद्धिक दिव्यांगता विशेष शिक्षण दिव्यांगता मानसिक रूग्णता और एक से अधिक अक्षमताओं से पीड़ितों के लिए रखे गए हैं इस अधिसूचना से सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगजनों का रोजगार बढ़ेगा

पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग अभियान पर निकली थी इसी दौरान कटरू और क्तुलनार के बीच जंगलों में माओवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई जिसमें आठ लाख रूपये का एक इनामी माओवादी मारा गया मौके से पिस्टल तीन बम और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है वहीं इसी जिले के आवापल्ली थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक महिला सहित दो माओवादियों को गिर पतार किया है इन माओवादियों के पास से डेटोनेटर वायर बैटरी कैमरा पटाखे रेडियो और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है इधर राजनांदगांव जिले के मानपुर क्षेत्र के ग्राम परदोनी में माओवादियों द्वारा एक ग्रामीण की हत्या के बाद पुलिस ने क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग बढ़ा दी है क्षेत्र में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के बाद माओवादी वहां से भाग गए हैं हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्य क्र म हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों योजनाओं और कार्य क्र मों के बारे में जानकारी देंगे इस कार्यक्र म को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्य क्र म को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे रायपुर स्टेशन प्रवेश द्वार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत रायपुर स्टेशन के गुढ़ियारी साइड वाले प्रवेश द्वार से टिकटधारी यात्रियों के लिए आज से प्रवेश और निकास की सुविधा पुनः प्रारंभ की गई है इस सुविधा के शुरू होने से यात्री गुढ़ियारी साइड से प्रवेश के साथ ही आरक्षण की सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगे स्वच्छता पखवाडा पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो रायपुर द्वारा आज से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है यह पखवाड़ा इकतीस जनवरी तक चलेगा अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने कल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई इस अवसर पर उन्होंने सभी लोगों से स्वच्छता बनाए रखने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल सत्रह जनवरी को बलौदाबाजार भाटापारा और महासमुंद जिले के प्रवास पर रहेंगे इस दौरान वे विभिन्न कार्य क्र मों में शामिल होंगे